भाजपा केन्द्रीय चुनाव समिति की आज नई दिल्ली में होगी बैठक

कांग्रेस बिहार में ग्यारह लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी नई दिल्ली में पार्टी चुनाव समिति की बैठक के बाद प्रदेश कांग्रेस चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने ये जानकारी दी उन्होंने बताया कि बैठक में सर्वसम्मति से पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी को उम्मीदवारों के चयन के लिये अधिकृत किया गया है श्री सिंह ने कहा कि प्रदेश कमिटी संभावित उम्मीदवारों के नाम की सूची भेजेगी जिस पर पार्टी अध्यक्ष अंतिम रूप से फैसला करेंगे हालांकि श्री सिंह ने ये जानकारी नहीं दी कि पार्टी किन किन सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी वहीं पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा ने बताया कि महागठबंधन के घटक दलों के सीटों और उम्मीदवारों के नामों की औपचारिक घोषणा कल की जायेगी भारतीय जनता पार्टी की केन्द्रीय चुनाव समिति की नई दिल्ली में आज की बैठक में लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी के उम्मीदवारों की पहली सूची को अंतिम रूप दिया जायेगा इस सूची में ग्यारह अप्रैल को होने वाले पहले चरण के मतदान वाले इक्यानवे क्षेत्रों के अधिकांश उम्मीदवारों के नाम शामिल किये जा सकते हैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पार्टी अध्यक्ष अमित शाह और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता इस बैठक में भाग लेंगे पहले चरण के तहत बिहार के चार लोकसभा क्षेत्रों औरंगाबाद गया नवादा और जमुई में भी चुनाव होना है बिहार भाजपा ने अपने संभावित उम्मीदवारों की सूची पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को सौंप दी है सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कल नई दिल्ली में प्रदेश भाजपा कोर समिति की बैठक में उम्मीदवारों के नाम तय किये गये इस बैठक में पार्टी के प्रदेश प्रभारी भूपेंद्र यादव प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय संगठन मंत्री नागेन्द्र वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी मंगल पाण्डेय और प्रेम कुमार मौजूद रहे निर्वाचन आयोग ने नई दिल्ली में चुनाव खुफिया जानकारी पर बहु विभागीय समिति की बैठक आयोजित की और धन बल के द्रूपयोग को रोकने पर चर्चा की इस अवसर पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कहा कि देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना आयोग का संवैधानिक दायित्व है उन्होंने यह भी कहा कि वर्तमान में विशेष रूप से मतदाताओं को नकदी का लालच देने समेत धन बल के द्रूपयोग के मद्देनजर निष्पक्ष चुनाव कराना आयोग के लिए एक बड़ी चुनौती है श्री अरोड़ा ने कहा कि आयोग इस बुराई पर काबू पाने को वचनबद्ध है आयोग ने राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के चुनाव खर्च पर नजर रखने के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये हैं उन्होंने कहा कि व्यय निगरानी व्यवस्था मजबूत हुई है और पिछले चुनावों में प्रवर्तन दलों ने बड़ी मात्रा में नकदी जब्त की है निर्वाचन आयोग ने कहा है कि लोकसभा चुनाव के दौरान ईवीएम की जिन वाहनों से आवाजाही होगी उसमें जीपीएस सिस्टम लगा होगा आयोग ने इस संबंध में सभी राज्यों के मुख्य चुनाव अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिया है साथ ही आयोग ईवीएम ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करेगा जिससे यह पता चल सकेगा कि कौन सी मशीन कहां पर है विधान सभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि मीडिया और सिविल सोसायटी की चुनाव के दौरान भूमिका काफी महत्वपूर्ण हो जाती है पटना में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुये श्री चौधरी ने कहा कि समाज के इन दोनों ही अंगों को राजनीतिक दलों पर सही और सच्चे उम्मीदवारों को टिकट देने के लिये दवाब बनाना चाहिये उन्होंने कहा कि मतदान में नोटा एक नकारात्मक अवधारणा है और इसे खत्म कर देने की जरूरत है सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी है कि पैतृक कृषि भूमि बेचने की स्थिति में अपने घर के व्यक्ति को ही प्राथमिकता देनी होगी न्यायमूर्ति यू यू ललित और एम आर शाह की खंडपीठ ने एक मामले में फैसला सुनाते हुये कहा कि हिन्दू उत्तराधिकारी पैतृक कृषि भूमि का अपना हिस्सा बेचना चाहता है तो उसे हिन्दू उत्तराधिकार कानून की धारा बाईस के तहत अपने घर के व्यक्ति को ही इसमें प्राथमिकता देनी होगी वह अपनी संपत्ति बाहरी व्यक्ति को नहीं बेच सकता है राज्यपाल सह कुलाधिपति लालजी टंडन ने कहा है कि जो विश्वविद्यालय और महाविद्यालय नैक मूल्यांकन में रूचि नहीं लेंगे उनकी वित्तीय मदद रूक जायेगी श्री टंडन ने सभी कुलपतियों को विश्वविद्यालय और महाविद्यालय का नैक मूल्यांकन कराकर बेहतर ग्रेडिंग पाने के लिये तैयारी करने का निर्देश दिया है बिहार स्थापना दिवस के अवसर पर दिल्ली में राज्य सरकार की ओर से आज से पन्द्रह दिवसीय बिहार उत्सव आयोजित किया जा रहा है आईएनए दिल्ली हाट में आयोजित होने वाले इस समारोह में हस्तशिल्प हथकरघा उत्पाद और बिहारी व्यंजनों के स्टॉल लगाये जायेंगे जमुई जिले के चकाई थाना क्षेत्र अंतर्गत हिंदला जंगल में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच हुयी मुठभेड़ के बाद दो संदिग्ध नक्सलियों को हिरासत में लिया गया है हमारे संवाददाता ने पुलिस सूत्रों के हवाले से खबर दी है कि मुठभेड़ की जगह पर खून के निशान पाये गये और पिट्ठू तथा खाद्य सामग्रियां बरामद की गयी हैं मुठभेड़ में दो नक्सलियों के घायल होने की खबर है जहानाबाद जिले के विशुनगंज थाना क्षेत्र के दौलतपुर गांव से पुलिस ने एक बंद पड़े ईंट भट्ठे के पास से भारी मात्रा में विस्फोटक जब्त किया है बरामद विस्फोटक जमीन में गाड़ कर रखी गयी थी एएसपी आयोध्या सिंह ने बताया कि विस्फोटकों में जिलेटिन छड़ डेटोनेटर सल्फर और बम बनाने में प्रयुक्त होने वाले कई सामान मौजूद हैं उन्होंने बताया कि मामले की जांच की जा रही है सारण गोपालगंज और सुपौल जिले में अगलगी की हुयी अलग अलग घटनाओं में छह लोगों की मौत हो गयी सारण जिले के बनियापुर थाना क्षेत्र के रामनगरी में आग लगने से एक ही परिवार के तीन लोगों की पीएमसीएच में इलाज के दौरान मौत हो गयी वहीं गोपालगंज नगर थाना क्षेत्र के हजियापुर में आग लगने से दो बच्चों की मौत हो गयी जबकि एक बच्चा गंभीर रूप से झुलस गया दूसरी तरफ सुपौल जिले के त्रिवेणीगंज थाना क्षेत्र के पतरघट्टी स्थित एक आवासीय विद्यालय में आग लग जाने से एक छात्र की मौत हो गयी पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से प्रदेश के कई हिस्सों में आज हल्की बारिश हो सकती है मौसम विभाग ने कहा है कि दक्षिण बिहार में कहीं कहीं हल्की बारिश की संभावना बनी हुयी है जबकि उत्तर बिहार के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है होली के दौरान यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुये पूर्व मध्य रेलवे ने बरौनी से सिकंदराबाद के बीच स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है यह स्पेशल ट्रेन सिकंदराबाद से अठारह मार्च को और बरौनी से बाईस मार्च को खुलेगी राज्य के विभिन्न हिस्सों में खेले जा रहे हेमन ट्रॉफी अंतर जिला क्रिकेट टूर्नामेंट में सारण गोपालगंज भागलपुर और पूर्णियां की टीमें सुपर लीग में पहुंच गयी है वहीं पश्चिमी जोन से सारण और गोपालगंज तथा पूर्वी जोन से भागलपुर और पूर्णिया की टीमों ने भी सूपर लीग के मुकाबले में जगह बना ली है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को अपनी प्रमुख सुर्खी बनाया है दैनिक जागरण ने अपनी विशेष रिपोर्ट में लिखा है एनडीए में लोकसभा सीटों का बंटवारा हुआ शत्रुघ्न ओमप्रकाश समेत छह सांसदों का पत्ता कटा गिरिराज का क्षेत्र बदला लोजपा को मुंगेर के बदले नवादा सीट अखबार लिखता है डेहरी विधान सभा उप चुनाव के लिये भाजपा और नवादा उप चुनाव के लिये जदयू के होंगे उम्मीदवार हिन्दुस्तान की सुर्खी है कत्लेआम न्यूजीलैंड की दो मस्जिदों में फायरिंग उनचास मरे दैनिक भास्कर लिखता है हत्या मामले में नीतीश बरी हाई कोर्ट ने कहा निचली अदालत ने बिना साक्ष्य के संज्ञान लेकर गलत किया प्रभात खबर की सुर्खी है दिल्ली में हुयी बिहार भाजपा कोर कमिटी की बैठक अमित शाह को सौंपी गयी भाजपा के संभावित उम्मीदवारों की सूची आज लिखता है औरंगाबाद में विस्फोटकों का जखीरा बरामद राष्ट्रीय सहारा के शब्द हैं सुप्रीम कोर्ट लालू की जमानत पर सुनवाई को तैयार और अब अंत में मुख्य समाचार कांग्रेस बिहार में ग्यारह लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी

भाजपा केन्द्रीय चुनाव समिति की आज नई दिल्ली में होगी बैठक